उन्होंने इक्कीस जनपदों में औषधियों के भण्डारण और रख रखाव के लिये ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है उन्होंने कहा कि अगर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए टीबीग्रस्त मरीजों तक दवा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए तो इस समयसीमा से पहले ही राज्य को टीबीमुक्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया वे क्षय रोग को जड़ से समात करने के इस अभियान का हिस्सा बनें श्री योगी ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारी टीबी से ग्रसित एक बच्चे अथवा व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हुए माह में सिर्फ दो बार यह सुनिश्चित कर लें कि वह नियमित रूप से दवा ले रहा या नहीं तो प्रदेश से जल्द ही इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने बीमारी पर नियंत्रण के लिए समय से उपचार शुरू करने पर विशेष जोर दिया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार टीबी के प्रत्येक मरीज को एक किट देने के साथ ही पौष्टिक आहार के लिये पांच सौ रूपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता भी दे रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षय रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इन्हें कुपोषण तथा क्षय रोग से मुक्त कराना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है उन्होंने देश निर्माण के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का लोगों से आह्वान किया उन्होंने संग्रांत लोगों स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अभियान चलाकर क्षय रोग और कूपोषण से ग्रसित बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करें राज्यपाल कल लखनऊ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के एक कार्यक्रम में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मैपिंग कराई जाये जिसमें समी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दर्ज हों उन्होंने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के मैपिंग से संबंधित एक साफ्टवेयर भी लांच किया केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली शब ए बारात बिहू ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विमिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है देश में अब तक कुल पांच करोड़ आठ लाख इकतालीस हजार दो सौ छियासी लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं केंद्र ने पहली अप्रैल से पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है कोविड के बढ़ते मामलों के मददेनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कलेक्ट्रेट सभागार में कल कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि ये अपने नजरीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड नाइन्टीन की जांच कराए उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह ने कल वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस कार्यक्रम के तहत कन्वर्जैस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सी ई एस एल एनर्जी एफिशिएसी सर्विसेज लिमिटेड ई ई एस एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बत्ब वितरित करेगी इस योजना के तहत पहले चरण में एक करोड़ पचास लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे और व्यौरा हमारे संवाददाता सेः ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी बल्वों के द्वारा जहां बढ़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी वहीं इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी

इस कार्यक्रम के द्वारा जहां लोगों का जीवन बेहतर होगा उन्हें आर्थिक बचत होगी तथा ग्रामीण नागरिकों के लिए यह ज्यादा सुप्रक्षित रहेगे

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आज से इकतीस मार्च तक परीक्षा के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जायेंगी छात्रावास की सभी सुविधाएं सत्ताईस मार्च से अगले आदेश तक बन्द रहेंगी रंगमरी एकादशी के अवसर पर कल मथ्रा वेदावन के श्री बांकेबिहारी मंदिर में होली का भव्य आयोजन हुआ रंग गुलाल से सराबोर श्रद्वालुओं ने ठाकुरजी के साथ जमकर होली खेली गौरतलब है कि वृंदावन के मंदिरों में रंगमरी एकादशी से रंग गुलाल की होली शुरू हो जाती है उधर राधारानी के गांव बरसाना के बाद कल कान्हा के नंदगांव में लटठमार होली पूरे उल्लास के साथ खेली गयी हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि यहां बरसाना से होली खेलने आए हुरियारों पर नंदगांव की हुरियारिनों ने जमकर लाठियां बरसाईं परंपरागत वेशभूषा में होली खेल रहे हुरियारों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग मथुरा पहुंचे हैं वहीं वाराणसी में भी रंगमरी एकादशी पूरे उत्साह के साथ मनायी गयी परंपरानुसार इस दिन काशी के पुराधिपति बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया गया ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद गौना कराकर पहली बार काशी आए थे इसी खुशी में काशी में रंगमरी एकादशी से ही रंगों के त्यौहार होली का जश्न शुरू हो जाता है प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विमाग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर को निराधार बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में सत्ताईस मार्च तक लॉकडाउन लगेगा विमाग ने एक ट्वीट में इस दावे को असत्य करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष की है वर्तमान में राज्य में किसी प्रकार के लॉकडाउन की योजना नहीं है आगरा जिले के थाना खदौंली क्षेत्र के नहर्रा गांव में कल दो पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने गए एक सब इंस्पेक्टर पर आरोपियों ने हमला कर दिया जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में सब इंस्टपेक्टर की मृत्यु पर दुःख जताते हुए शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं उन्हॉने शहीद के परिजनों को पचास लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है